सरकार और किसान संगठनों के बीच नौवें दौर की वार्ता शुरू सरकार ने सकारात्मक नतीजों की जतायी उम्मीद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंण्डिया इंटरनेशनल समिट का किया उदघाटन कहा आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मिल रही मजबूती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

सेना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह को थल सेना अध्यक्ष एम एम नरवने ने संबोधित किया उन्होंने कहा कि पिछले साल देश ने सीमा विवाद को लेकर भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारतीय सेना मुंहतोड़ जबाब दे रही है

एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा राष्ट्र उन वीर सैनिकों को याद करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने कहा कि देश साहसी और समर्पित सैनिकों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेना को नमन किया एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा हमारी सेना मजबूत साहसी और दुढ़संकल्पित है जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है देश के बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करता हूं

कोविड टीकाकरण का यह अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एकसाथ तीन हजार छह स्था नो पर टीकाकरण की शुरूआत होगी पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग सौ लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध् रहेगी

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरूआत आज देश के छह सौ जिलों में की जाएगी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का यह चरण नये दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केन्द्रित होगा

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज कहा कि उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस टीके कोविशील्ड को जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिलने की उम्मीद है सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अदार पुनावाला ने आज कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से टीके के आपातकालीन इस्तेमाल का लाइसेंस जल्द मिल जाना चाहिए हमने सभी विवरण जमा करा दिए हैं और उम्मीद है कि अगले एक दो सप्ताह में यह मिल जाएगा श्री प्रनावाला ने आगे कहा कि उनकी कंपनी अप्रैल से अमरीकी कंपनी के नोवावैक्स कोरोनोवायरस टीके की लाखों खुराक का भंडारण शुरू कर देगी

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मी समारोह में इरफान खान सुशांत सिंह राजपूत ऋषिकपूर और हॉलीवुड सितारे चौडविक बोसमैन और सौमित्र चाटर्जी की फिल्मेर भी प्रदर्शित कर उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की जायेगी इन फिल्मी हस्तियों की बॉबी पान सिंह तोमर केदारनाथ चारुलता और फोर्टी टू जैसी फिल्में दिखाई जायेंगी समारोह में जिन अन्य भारतीय कलाकारों को श्रद्धांजलि दी जायेगी उनमें फिल्म निर्माता बासु चटर्जी निशिकांत कामत मनमोहन महापात्रा उर्दू शायर राहत इंदौरी कोरियोग्राफर सरोज खान गायक एस पी बालासुब्रमण्याम अभिनेता जगदीप क्मक्म निम्मीय विजय मोहन्ती श्रीराम लाग अजित दास संगीतकार वाजिद खान गीतकार योगेश गौड और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया शामिल है

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले मन से किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है आशा है कि बातचीत सकारात्मक रहेगी उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून अमल में लाए जाने पर रोक लगा दी थी शीर्ष न्यायालय ने किसानों की शिकायतों और सरकार की राय सुनने के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की थी चार सदस्यों वाली समिति में से एक भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को समिति से अलग कर लिया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्टार्टअप इंण्डिया इंटरनेशनल समिट प्रारम्भ का उदघाटन किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्टार्टअप इंडिया से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबृती मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रारम्भ स्टार्टअप इंण्डिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कांफ्रेंन्सिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे इस दो दिवसीय सम्मेलन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आयोजित कर रहा है

उस समय प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित करने की भारत की वचनबद्धता व्यक्त की थी

राज्य में झारखंड में आज एक सौ चौवालीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं कल एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हई हैं जबकि राज्य में कोरोना से एक सौ तिहतर मरीज ठीक हए हैं

इनमें एक हजार तीन सौ सताईस सक्रिय केस हैं इनमें एक लाख पन्द्रह हजार नौ मरीज ठीक हैं अब तक राज्य में कोरोना से एक हजार अड़तालीस लोगों की मौत हुई हैं

देश में ठीक होने वाले रोगियों की संख्याा सक्रिय मामलों से लगातार ज्यादा होती जा रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड योद्वाओं द्वारा पूरी लगन और प्रतिबद्वता के साथ स्वास्थ्य ् सुविधाओं राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा चिकित्सा की केन्द्र की मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करने से देश में स्वास्थ्य होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है गणतंत्र दिवस पर छब्बीस जनवरी को राजपथ पर होने वाले समारोह में इस बार विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग कश्यप ने कल इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि बीते पचपन वर्षो में ऐसा पहली बार होगा भारत में आखिरी बार विदेशी मुख्य अतिथि के बिना गणतंत्र दिवस समारोह उन्नीस सौ छियासठ ई में हुआ था

झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के मामले में उन्नीस जनवरी को फैसला सुनाएगा बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जैसा कि आपको मालूम हो बारह जनवरी को दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को दल बदल मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था सरकार ने समाचार माध्यमों में जारी इन खबरों का खण्डन किया कि रेलवे द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसुला जा रहा है रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये खबर भ्रामक और निराधार है रेल मंत्रालय ने कहा है कि परम्परा के अनुसार त्यौहार और छट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष दूरगामी रेलगाडियां चलानी शुरू की गई थीं इस वर्ष अनेक रेल खण्डों में यात्री गाडियों की बहत मांग थी जिससे निपटने के लिए त्यौहारों के समय रेलगाडियां चलाई गई थीं

इस वर्ष भी ऐसा कृछ नया नहीं है बल्कि ये पहले ही जैसा है

विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने इसकी पृष्टि की

समारोह में सांसद विधायक सहित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ओवरब्रिज से लोगों की परेशानी हल होगी ही बोकारो से माल ढलाई भी बढ़ेगी राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल माहिर जमादिस्सानी का चांद नजर आया यह घोषणा एदार ए सरिया झारखंड के नाजिम ए आला मौलाना कृतुब्दीन रिजवी ने की इसके बाद दारूल कजा एदार ए शरिया झारखंड और इस्लामी मरकज हिन्दपीढ़ी ने फैसला लिया कि शुक्रवार को माहे जमादिस्सानी चौदह सौ बियालीस हिजरी की पहली तारीख है